इस मौके पर राज्यस्तरीय समारोह शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर होगा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ध्वजारोहण कर पुलिस होमगार्ड और एनसीसी की विभिन्न टुकड़ियों द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट की सलामी लेंगे इसके अलावा समारोह में कई अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे समारोह के चलते शिमला शहर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं इस मौके शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे

उधर अन्य ज़िला मुख्यालयों में मंत्रिमण्डल के सदस्य समारोहों की अध्यक्षता करेंगे

राज्यपाल ने अपने बधाई संदेश में लोगों के सर्वागीण विकास और ख्रशियों की कामना की है मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ने का आहवान किया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना के तहत एक स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्र का कल उदघाटन किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देशभर में ऐसे कई केन्द्र खोले जायेंगे और सभी सुविघाओं से युक्त ये केन्द्र ग्रामीणों के लिए पारिवारिक डॉक्टरों की तरह काम करेंगे

अमर उजाला का शीर्षक है नाइजीरिया में समुद्री लुटेरों से छूटकर तीनों युवक लौटे वतन दिव्य हिमाचल की सुर्खी है राजधानी दिल्ली से आज पहुंचेगे कांगड़ा दैनिक जागरण के शब्द हैं दिल्ली पहुंचे नाजीरिया में बंधक बनाए युवक विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात के बाद आज पहुंचेगे घर

दैनिक जागरण का शीर्षक है गुड़िया दुष्कर्म हत्या मामले में सीबीआई ने एक व्यक्ति को डीएनए रिपोर्ट के आधार पर गिरफ़्तार किया हिमाचल दस्तक ने लिखा है पहचान छिपाकर आरोपी को दिल्ली ले गई सीबीआई वहीं अजीत समाचार लिखता है सीबीआई ने पकड़ा एक आरोपी आईजीएमसी के चिकित्सकों ने किया मैडिकल हिमाचल दस्तक ने अपने बॉटम में खबर दी है हिमाचल डे आज घोषणाओं पर नजर इसी पत्र की एक अन्य खबर है शिक्षा नियामक आयोग भंग कर सकती है प्रदेश सरकार आपका फैसला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है वीरभद्र ने पांच साल उलझन में चलाई सरकार

हिमाचल के पूर्व राज्यपाल वीएस कोकजे के विश्व हिंदु परिषद के अर्न्तराष्ट्रीय अध्यक्ष बनाये जाने की खबर भी आज सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है आपका फैसला की सूर्खी है हिमाचल के पूर्व राज्यपाल कोकजे बने अंतरर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अखबार की एक अन्य खबर है मुख्यमंत्री ने कॉमनवेल्थ में मेडल जीतने पर अंजुम को दी बघाई

दैनिक जागरण ने अपने सम्पादकीय हिमाचल का सफर में लिखा है कि अस्तित्व मे आने के बाद प्रदेश ने विकास के पथ पर बढ़ते हुए नए आयाम छूए हैं और कई मायनों में दूसरे राज्यों के लिए मिसाल बनकर सामने आया है